कहा प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिये है प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ने कल महोबा जिले में अर्जन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया

महाशिवरात्रि पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा भक्तिभाव और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिये प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है उन्होंने कहा कि रसिन बांध और चिल्लीमल बांध परियोजनाओं से क्षेत्र में कृषि भूमि की सिंचाई सम्मव हो सकेगी जिससे किसानों को लाम मिलेगा श्री योगी ने कहा कि इस वर्ष के अन्त तक बुन्देलखण्ड के अधिकांश गावों तक हर घर नल योजना के अर्त्तगत पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

जनसभा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस दे रसिन बाँच चिल्लीमल कैनाल सहित चित्रकूट मे चल रही अन्य विकास परियोजनाओं को जिले के विकास का आधार बताया अजय प्रताप सिंह आकाशवाणी समाचार चित्रकूट मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड में सड़क और हवाई यातयात सुदृढ़ करने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद दिल्ली तक की यात्रा मात्र पांच से छ घंटे में पूरी की जा सकेगी श्री योगी ने कहा कि बुन्देलखण्ड में दो नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि चित्रकूट और ललितपुर से भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महोबा जिले में अर्ज्न सहायक परियोजना का निरीक्षण किया उन्होंने क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की सुविधा देने के उददेश्य से शुरू की जा रही इस परियोजना को इकत्तीस मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये

परियोजना से महोबा हमीरपुर और बांदा जनपदों में डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा भी सुनिश्चित होगी एक रिपोर्टः मुख्यमंत्री ने लहचूरा बांध पहुँचकर बहप्रतीक्षित अर्जुन सहायक परियोजना का बारीकी से निरीक्षण किया यह परियोजना बुंदेलखंड के लिये संजीवनी मानी जा रही है

उन्होंने लहवूरा बाँच और अर्जुन सहायक परियोजना की नहर का निरीक्षण कर चैल्फी पुआइन्ट में पहुँचकर सैल्फी ती उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना को गति मिली

उन्होंने कहा कि इसी परियोजना के तहत हल घर नल घर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल चार लाख लोगों को मिल सकेगा

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल बांदा जनपद में नौ सौ चौबीस करोड़ रूपये लागत की दो सौ उन्तीस परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने स्वयंसहायता समूहों के लाभार्थियों को ई रिक्शा वितरित किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पचहत्तरयें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य मे वर्ष भर चलने वाले आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है श्री मोदी कल संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे पार्टी सांसदों ने कोविड महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी की जीत श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाती है राज्य में कोरोना संक्रमण के पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ अट्ठासईस नये मामले सामने आये इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छः सौ नवासी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में कोरोना से पांच लाख चौरानबे हजार दो सौ उन्नीस लोग ठीक हो चुके हैं उन्होंने बताया कि कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से किया जा रहा है प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों में सप्ताह में सोमवार से शनिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोमवार ग्रूवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को कोविड के टीके लगाने की अनुमति दी गयी है यहां दो सौ पचास रूपये प्रति टीका की दर से टीकाकरण किया जा रहा है डीजल लोकोमोटिव बनारस द्वारा स्वदेश में निर्मित तीन हजार हार्स पॉवर के दो लोकोमोटिव इंजन कल मोजाम्बिक के लिए रवाना किये गये रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल मोजाम्बिक के परिवहन और संचार मंत्री जनफर अब्दुलाई की मौजूदगी में वीडियो कांप्रेंसिंग के माध्यम से इन इंजनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये इंजन आत्मनिर्मर भारत अमियान के तहत पूरी तरह से बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा चौदह महीने के रिकार्ड समय में डिजायन और विकसित किये गये हैं मोजाम्बिक की ओर से छह इंजन और नब्बे स्टेनलेस स्टील यात्री डिब्बों का ऑर्डर दिया गया है इस क्रम में पहले बैच में दो इंजन कल रवाना किये गये ये इंजन आध्निक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित हैं और ध्वनि तथा कम्पन मानकों के अनुरूप बनाये गये हैं कार्यक्रम में केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय और प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और अनिल राजभर भी मौजूद रहे प्रदेशभर में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्वा भक्ति और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है राज्य के शिवालयों में श्रद्वालु ब्रम्हमुहूर्त से देवाधिदेव भगवान महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं वाराणसी लखनऊ अयोध्या प्रयागराज मथ्रा और चित्रकृट में शिवमंदिरों में सुरक्षा के प्ख्ता इंतजाम किए गये हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्त गंगा यमुना सरस्ती के संगम पर प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं स्नान के बाद भक्त शिव मंदिरों में प्रमु की आराषना कर रहे हैं शहर के प्रमुख सिव मंदिरों मनकामेखर सोमेखर और नाग वासुकी मंदिरों में विरोष आयोजन किए गए हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व हमें लोककल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है पर्व और त्योहार हमारी परम्परा और राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के अवसर हैं क्शीनगर जिले में कल से चौबीस मार्च तक चलने वाले दस्तक पखवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर कालाजार के रोगियों का पता लगा रहा है मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एन पी गुप्ता ने बताया कि कालाजार की दृष्टि से कुशीनगर जिला संवेदनशील जिला है उन्होंने कहा कि हालांकि जनपद में इस साल अब तक कालाजार के दो रोगी ही मिले हैं यह रोग बालू मक्खी के काटने से होता है प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का अमियान कल से शुरू हो गया